पंचायत चुनावों में पहली बार मतदान कर रहे युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है

अधिसूचना प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के बाद पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकें पहली फरवरी को आयोजित की जाएगी

सुरेश कश्यप भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज अपने परिवार सहित बज्गा पंचायत में मतदान किया उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा को प्रदेश भर में प्रचंड बहुमत मिल रहा है उन्होंने इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश में जयराम ठाक्र सरकार की क्शल कार्यप्रणाली को दिया सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है और धरातल पर जनता ने उसे नकार दिया है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता और नीति दोनों का अभाव है

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि मतगणना रिकांगपिओ पुह और भावानगर खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में तीन स्थानों पर की जाएगी उन्होंने बताया कि मतगणना सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी और पहले पंचायत समिति के मतों की गणना होगी उसके बाद जिला परिषद के लिए गिनती शुरू की जाएगी समीक्षा बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आज हमीरपुर में जिला प्रशासन उद्योग विभाग बिजली बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि जिले में विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए नए सब स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही है उन्होंने अधिकारियों को वॉल्टेज की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों से तुरंत अवगत करवाने के निर्देश दिए इस दौरान उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिले में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास कोर्यों की प्रगति की जानकारी दी सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आज चौथे दिन धर्मशाला में लोगों को वाहन चलाने के दौरान नियमों का पालन करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय धीमान ने वाहन चालकों से रात के समय डीपर का प्रयोग करने रैश ड्राईविंग से बचने और सावधानी के साथ ओवर टेकिंग करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि वाहन चालक गाड़ी चलाते समय न तो मोबाईल फोन का इस्तेमाल और न ही शराब पीकर गाड़ी चलाएं इस दौरान संजय धीमान ने हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने वालों और सीट बेल्ट लगाने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए प्रेरित किया